मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में निकाली जा रही राजस्थान गौरव यात्रा आज पाली जिले में प्रवेश करेगी श्रीमती राजे जैतारण में जनसभा को सम्बोधित करेंगी इसके बाद उनका सोजत और पाली में जनसभा को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है यात्रा में कोई गतिरोध पैदा ना हो इसके लिये पुलिस और प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए है नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा है कि राज्य में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही प्राप्त कर लिया गया है

टोंक जिले के मालपुरा कस्बे में आज सुबह सात से शाम पांच बजे तक दस घंटे की ढ़ील दी जा रही है इससे पहले कल दी गई ढील के दौरान लोगों ने जरुरी सामान की खरीददारी की और कस्बे में फिर से चहल पहल दिखी इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किये और ड्रोन कैमरे से निगरानी भी रखी गई

जयपुर शहर में आज से पानी की कटौती शुरू हो गई है जलदाय विभाग ने पर्याप्त वर्षा नहीं होने ॅसे जयपुर में पेयजल की आपूर्ति में आंशिक कटौती का फैसला किया है वर्तमान में बीसलपुर बांध में पानी की आवक कम होने के कारण ये निर्णय लिया गया है

प्रदेश में तिलम संघ के खाद्य तेल उत्पादों को सहकारिता के ब्राण्ड के रूप में स्थापित किया जायेगा सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार राजन विशाल ने कल जयपुर में एक समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य के लोगों को शुद्धता और गुणवत्ता के खाद्य तेल के रूप में तिलम ब्राण्ड को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने के लिये बाजार नीति में बदलाव किया जायेगा पश्पालन विभाग की ओर से पश्ओं में खुरपका और मुहपका रोग निवारण के लिए टीकाकरण महाभियान का सातवां चरण एक सितम्बर से शुरू होगा

झालावाड़ जिले में सोयाबीन में तना और सफेद मक्खी नामक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है कृषि विभाग द्वारा गठित तकनीकी कमेटी के सदस्यों और कृषि पर्यवेक्षक ने झालरापाटन के पाटलिया गांव में अवलोकन के बाद ये जानकारी दी

ये शराब अंबाला से गुजरात ले जाई जा रही थी बाजार में इसकी कीमत एक करोड़ रुपये आंकी गई है आज खेल दिवस है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आज सुबह बारिश हुई राजसमंद में बारिश होने से खमनोर क्षेत्र र्स निकलने वाली बनास नदी में पानी की आवक हुई है